उन्होंने कहा कि एक सॉफ़टवेयर के माध्यम से सभी चिन्हित स्थानों में रोपित किए जा रहे पौधों की जानकारी को मोबाईल ऐप द्वारा एकत्रित किया जा रहा है वन मंत्री ने शिमला के टालैंड स्थित वन विभाग के मुख्यालय का दौरा कर ऑनलाईन मॉनीटरिंग प्रक्रिया की जानकारी भी ली

डेंग् बिलासपुर जिले में फैले डेंगू रोग के दो नए मामले दर्ज किए गए हैं

चौधरी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें विभिन्न वॉर्डों में लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक कर रही है इस बीच उपायुक्त विवेक भाटिया ने अधिकारियों की टीमों के साथ डेंगू प्रभावित वार्डों में जाकर घरों का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि जो लोग स्वच्छता के लिए सहयोग देने में आनाकानी करेंगे उनके विरूद्ध कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा कार्यशाला सभी स्थानीय निकायों को कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से शहरी विकास विभाग द्वारा कल शिमला में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया विभाग के निदेशक डीके गुप्ता ने कार्यशाला में स्थानीय निकायों को कचरा मुक्त बनाने संबंधी स्टार रेटिंग हासिल करने के तरीके बताए और आवश्यक मार्ग दर्शन किया उन्होंने स्टार रेटिंग को सफल बनाने के लिए अधिकारियों व आम नागरिकों के साझे प्रयासों की ज़रूरत बताई

इस मौके नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक रणबीर सिंह ने नाबार्ड के मिशन उद्देश्य और नई पहलों पर प्रकाश डाला

विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि ये परीक्षा शिमला मंडी हमीरपुर और धर्मशाला परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जाएगी अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर लगभग सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की प्रमुख खबर है हिमाचल के तीन सहकारी बैंकों में भर्तियों की होगी विजिलेंस जांच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने दिए आदेश कांग्रेस कार्यकाल में हुई थी भर्तियां दैनिक भास्कर का शीर्षक है हिमाचल में सभी सहकारी बैंकों की होगी जांच सीएम ऑफिस ने दी मंजूरी पूर्व मुख्यमंत्री वीरमद्र सिंह के बयान को लेकर अमर उजाला और हिमाचल दस्तक की एक जैसी सुर्खी है इस बार न मैं और न ही मेरे परिवार से कोई लड़ेगा लोकसभा चुनाव जबकि दैनिक जागरण लिखता है वीरभद्र की जिद्द कांग्रेस भी अड़ी भाजपा चार्जशीट पर एक सप्ताह में सभी विभागों को देने होंगे कमैंट्स शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ की बैठक जारी किए दिशा निर्देश इसी खबर पर दैनिक भास्कर के शब्द हैं कांग्रेस सरकार के समय भाजपा की चार्जशीट पर हफ़ते में रिपोर्ट दे विभाग हिमाचल दस्तक के मुताबिक चार्जशीट पर पांच दिन का अल्टीमेटम

पंजाब केसरी के अनुसार हाईकोर्ट ने प्रधान सचिव शिक्षा को रिक्त पदों का ब्यौरा देने के आदेश दिए जबकि आपका फैसला के शब्द हैं प्रिंसिपल सेकेटरी शिक्षा के हल्फनामें से हाईकोर्ट असंतुष्ट स्कूलों में तबादलों पर रोक हिमाचल दस्तक की एक अन्य खबर है दैनिक जागरण की एक खबर है साबधान हेलमेंट नहीं तो पैट्रोल भी नहीं कांगड़ा जिला में एसपी गांधी के बाद जिलाधीश संदीप ने उठाया बीड़ा दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक उना जिला के हरोली में तीन स्टोन कशर सील उपायुक्त प्रजापति की अगुवाई में पुलिस व खनन अधिकारियों ने किया निरीक्षण

अमर उजाला की एक खबर है अब शोरूम में ही होगा वाहनों का पंजीकरण हिमाचल सरकार ने आज से लागू किया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अधिसूचना जारी अब एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय हिमाचल में डेंगू में लिखा है कि बिलासपुर के बाद सोलन और मंडी जिला के सुंदरनगर में डेंगू के मामले सामने आना चिंताजनक है इस पर नियंत्रण के लिए तेजी लानी होगी जबकि आपका फैसला ने अपने संपादकीय में लिखा है कि डेंगू वायरस की जांच जेनेवा में होगी दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय अंततः सिने पर्यटन की ओर में लिखा है कि फिल्म या सिने पर्यटन नीति के मायने जब तक लोक कलाकार से सीधे नहीं जुड़ेंगे तब तक किसी बड़े बदलाव की आशा नहीं की जा सकती